मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छता के मामले में कोई भी शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिये उन्होंने कोरोना संक्रमण और वर्षा ऋतु में संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के मद्देनजर सभी आवश्यक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद के साथ ही मेरठ मंडल में पूरी सतर्कता बरती जाये उन्होंने कोविड चिकित्सालयों में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरूस्त रखने के निर्देश दिये और कहा कि कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में तैनात शासकीय कर्मियों द्वारा संक्रमण से बचाव के लिय विशेष सावधानी बरती जाये

मुख्यमंत्री ने राज्य में टिड़डी दलों को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोविड और पर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध दोनों मोर्चो पर विजय प्राप्त करेगा एक समाचार एजेंसी से भेंट में गृहमंत्री ने कहा कि देश एक साथ इन चुनौतियों का समाधान करेगा श्री शाह ने कहा कि सरकार भारत विरोधो द्वष्प्रचार का सामना करने में सक्षम है लेकिन यह दुखद है कि एक बडी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संकट के समय राजनीति कर रहे हैं

टैक्नोलॉजी भी दी जाएगी मुझे उम्मीद है ये दो लाख इन्टरप्राइजेज जब अपग्रेड हो के कॉमल सेक्टर में आएंगे तो ये एक रूलर भारत के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री को एक नये लेवल पे ले जाने के एक बहुत बडी पहल होगी

मध्य प्रदेश के राज्यपाल लाल जी टंडन इस समय अवकाश पर हैं श्री लाल जी टंडन की अनुपस्थिति में श्रीमती पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालें गी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

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी है

इस मंडप में कौशल विकास का प्रशिक्षण विभिन्न आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक खेलकूद आपदा राहत व्यवस्था सहित अन्य गतिविधियां आयोजित हो सकेंगी श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार समावेशी सर्वस्पर्शी विकास के संकल्प वाली सरकार है उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक शैक्षिक सामाजिक और रोजगार परक गतिविधियों के लिये बड़ी संख्या में अवस्थापना का निर्माण कराया है श्री नकवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन विभिन्न परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया है

दुनिया भर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या एक करोड़ को पार कर गई है

कोरोना के कल मरीजों में से आधी संख्या अमरीका और यूरोप के मरीजों की है

प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार कटिबद्ध है और उन्हें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत काम दिया जा रहा है

रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया उनकी सहायता के लिए कर्मचारी भी लगाए गए जिससे उन्हें फॉर्म भरने मैं कोई परेशानी ना हो

रोजगार पाने के बाद श्रमिक राहुल ने बताया कर्नाटक में सेविंग का काम करता था

श्रमिक राहुल ने बताया लॉकडाउन की वजह से ट्रेन से हमारे हमारे घर पहुंचाने में सहयोग किया है और अब हमारे लिये मजदूर लोग है उनके लिये नौकरी की जो सुविधा की है और यहां मेला लगा हुआ है उसमें हम मजदूरों के लिये नई नई योजना आई हुई है ओर हमें जॉब मिली हुई है और मैं तहेदिल से योगी जी का और मोदी जी का अभिनन्दन करता हूं

ये रेलगाड़ियां लॉकडाउन के बाद से चलाई गई हैं